अभियान केन्द्र सरकार द्वारा देश में टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के आधार पर चलाया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक ट्वीट में कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी वैक्सीन मंजूरी भारत के औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की को वाक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने यह निर्णय लिया पहली जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए को वाक्सीन की सिफारिश की गई थी एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि ये कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है

मण्डी में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान दूरदर्शी विज़न के साथ अनेक महत्वपूर्ण और नई पहले की गई हैं

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान में विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और पिछली कांग्रेस सरकार ने दूरगामी दृष्टिकोण के साथ कोई नई पहल नहीं की उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल जनसभाओं में विकास की खूब चर्चा की मगर ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्वरोज़गार को लेकर जहां नए और प्रभावी कदम उठाए हैं वहीं सरकारी क्षेत्र में भी कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक रोज़गार दिए हैं भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है

एक बयान में उन्होंने कहा कि समयबद्व सेवाएं सुशासन का मज़बूत स्तम्भ हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में प्रयासरत है

हिमाचल कोरोना इधर प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने की दर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है

निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोलन जिले के कुठाड़ राजमहल में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भेंट की राठौर ने उन्हें नववर्ष की बधाई दी और पार्टी की राजनैतिक गतिविधियों से अवगत करवाया

वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सफल कार्य नीति के लिए राठौर की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनमें उत्साह व जोश भरेंगे माजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यालय कार्यकर्ता और कार्यक्रम को भाजपा की नींव बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनावों में भी कार्यालय कार्यकर्ता और कार्यक्रम अहम भूमिका निभाएंगे भाजपा प्रभारी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की कई पंचायतों का दौरा कर पाया है कि माहौल पार्टी के पक्ष में है टीकाकरण प्रदेश के अन्य ज़िलों की तर्ज पर लाहौल स्पीति में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए युद्वस्तर पर तैयारी की जा रही है इस संबंध में उपायुक्त पंकज रॉय ने केलंग में टीकाकरण के लिए गठित जिला कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आपसी तालमेल से कार्य करें उन्होंने कहा कि टीकाकरण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी हिमपात का क्रम रूक रूक कर जारी है

हिमपात से मनाली केलंग दारचा सड़क बंद है और घाटी की अंदरूनी सड़कें भी अवरूद्व हैं इस बर्फबारी से अत्यधिक ठण्ड के चलते घाटी में पेयजल पाईपें जमने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू ज़िला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी है वहीं राज्य के अन्य भागों में आज सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं

कार्रवाई किन्नौर ज़िले में गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है

विभाग के कार्यक्रम अधिकारी वीके गोयल ने बताया कि ये जांच सुविधा निशुल्क है